संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपायों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन और समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होनी है

भारतीय समुदाय के इस आयोजन हाउडी मोदी में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में मील का पत्थर साबित होगी

हमारे संवाददता ने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय अमरीकी समुदाय पूरी तरह तैयार है

ये बात भारतीय मूल के अमरीकी नागरिकों पर अक्षरस लागू होती है

भारत का महत्व वैश्विक परिदृ श्य में साफतौर पर यहां बढ़ता दिख रहा है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की हाउड़ी मोदी में शामिल होने से दिखता है हालांकि कुछ अमरीकी जानकार इसे अगले साल के अमरीकी राष्ट्रीपति चुनाव में रिपब्लिकन्स भारतीय अमरीकी वोट जुटाने की कोशिश के तौर पर इसे देख रहे हैं लेकिन हाउडी मोदी में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों ही पक्षों के लोग होने से इस पर लगाम कस चुका है प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए अमरीकी कंपनियों से चर्चा करेंगे इस बीच ह्यूस्टीन के मौसम का मिजाज मानो प्रधानमंत्री के आने की खबर से बदला है और लोगों को फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की गर्मजोशी वाली मुलाकात का इंतजार है अतुल तिवारी आकाशवाणी समाचार ह्यूस्टन ग्रेटर ह्यूस्टन के शुगरलैंड में भारतीय अमरीकी समुदाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले पूरे उत्साह और जोश में है लोगों ने विभिन्न भाषाओं में शुभकामनाएं तैयार की हैं और कहा है कि श्री मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत को उभरती हुई शक्ति बना दिया है बच्चे और उनके अभिभावक भी पूरा उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट स फाउंडेशन को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में क्शल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है

आज नई दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्यर निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा ने बताया कि दोनों राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजनीतिक दला से कहा कि वे प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से परहेज करें

हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवम्बर को और महाराष्ट्र का नौ नवम्बर को समाप्त हो रहा है

श्री अरोड़ा ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इन्तजाम किए गए हैं उत्तर प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर उप चुनाव इक्कीस अक्टूबर को कराया जायेगा

उप चुनाव की अधिसूचना सत्ताईस सितम्बर को जारी की जायेगी नामांकन चार अक्टूबर तक होगा और सात अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है प्रदेश में रामपुर सदर के साथ सहारनपुर की गंगोह अलीगढ़ की इगलास लखनऊ की लखनऊ कैन्ट बाराबंकी की जैदपुर कानपुर की गोविन्द नगर चित्रकूट की मानिकपुर बहराइच की बलहा प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ सदर अम्बेडकर नगर की जलालपूर और मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उप चुनाव होना है इन ग्यारह विधानसभा सीटों में से नौ पर भाजपा का कब्जा था जबकि एक सीट सपा और एक सीट बसपा के पास थी भारत की यात्रा पर आये मंगोलिया के राष्ट्रपति बादूल्गा खालतमा ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया

ताज भ्रमण के दौरान उन्होंने ताजमहल के इतिहास और उसकी पच्चीकारी के बारे में जानकारी भी ली उन्होंने सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की जमकर प्रशंसा की मंगोलिया के राष्ट्रपति के ताज भ्रमण के चलते आम पर्यटकों के लिये ताजमहल में प्रवेश ढाई घंटे के लिये बंद कर दिया गया था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

प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जन को जोड़ते हुए उनके आय के साधन को बढ़ाने की रणनीति पर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देते हुए गरीबी दूर करने की दिशा में कारगर प्रयास किये जाये वह कल सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य दो हजार तीस एवं अन्य पहलुओं पर समीक्षा कर रहे थे ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक कर उनके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी दी जाये

समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के अलावा तेईस अन्य विभागों के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है कुशीनगर में बूढ़ी गंडक नदी के अमवा तटबंध पर लगातार कटान होने से स्थिति भयावह हो गई है तटबंध के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है वहीं प्रभावित क्षेत्रों में पीएसी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है उधर चित्रकूट में भी लगातार बारिश के चलते सड़कों और घरों में पानी घूस गया है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज बाढ़ प्रभावित सरधुआ और अर्की गांव का दौरा कर ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की बारिश के दौरान वर्षा जनित हादसे भी घटित होने के समाचार मिले है चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र के लपाव गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े दो यूवकों की मौत हो गई लखीमपुर के पलियाकलां के भीरा इलाके में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित गाजीपुर वाराणसी और प्रयागराज जिले में राहत और बचाव कार्यो का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित परिवारों को चौबीस घंटे के अन्दर सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मोबाइल एप ने कुपोषण से पीड़ित बच्चों की जांच और उन्हें उपचार के लिए बड़े अस्पतालों में भेजने के काम को आसान कर दिया है राज्य में पोषण माह की पहले पखवाड़े में इस एप का उपयोग करके आठ हजार चार सौ पांच क्रपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें बेहतर उपचार के लिए भेजने की व्यवस्था की गई है एक रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबंधक डॉ मनोज शुक्ल ने बताया कि ये मोबाइल एप दूरदराज में रहने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है इस एप से किसी किस्मह की जन्म से होने वाली बीमारी की पहचान आसान हो गई है एप में बीमारी से जुड़ी सारी जानकारी बच्चों की तस्वीर के साथ अपलोड कर दी जाती है जिससे डॉक्टरों के साथ भी प्रशासन भी कहीं से उन पर निगाह रख सकता है हर बच्चे का स्वास्थ्य संबंधी फोलोअप भी इस एप में अपडेट किया जाता है पोषण माह के दौरान चिनिह्त किए गए कुपोषित बच्चों में से एक हजार से ज्यादा बच्चों को अति कुपोषित पाया गया और एप के जरिए स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया